ये अधिकारी सामान्य पुलिस और व्यय प्रेक्षक के रूप में तैनात किये जायेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि आयोग का प्रयास न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करना बल्कि पारदर्शी स्वच्छ और नैतिक रूप से सही चुनाव सुनिश्चित करना भी है

राजधानी शिमला के संजौली ढली बाईपास पर कल रात एक कार के खाई में गिरने से उसमें सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई पुलिस मुख्यालय शिमला के डीएसपी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि मृतक हरियाणा के रहने वाले थे वहीं चौपाल शिमला मार्ग पर ओखटा ढांक में कल एक गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से दो युवकों की मौत हो गई मृतक ठियोग के क्यार गांव के रहने वाले थे पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है अंतिम संस्कार कुल्लू जिले के निरमंड निवासी सेना के जवान शहीद विदेश ठाकुर का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव खरगा में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा

विनोद कुमार ने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा रैलियों और सभाओं के आयोजन के लिए स्थल भी चिन्हित किए गए हैं अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा के अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों और पार्टियों के खर्च पर नजर रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर कमेटियां गठित की गई है धर्मशाला में कल बैंक अधिकारियों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन के दौरान प्रत्याशी को अलग से चुनावी बैंक खाता खोलना पड़ेगा

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त कुछ शिकायतों को उड़नदस्तों के माध्यम से निपटाया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस बार सभी परीक्षा केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में बोर्ड की परीक्षाएं संचालित हो रही है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर किन्नौर जिले में हिमखंड की चपेट में आए दो जवानों के शव मिलने की खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने संचित्र प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी के शब्द हैं तीन सप्ताह बाद मिले बर्फ में दफन दो जवानों के शव दैनिक जागरण का शीर्षक है निरमंड के खरगा निवासी विदेश व जम्मू कश्मीर के कठ्आ के अर्जुन के रूप में हुई पहचान

हिमाचल दस्तक का कहना है आज होगी निरमंड के शहीद विदेश की अंत्येष्टि दिव्य हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को सुर्खी दी है खेती की भूमि बेचने से पहले हिस्सेदारों की सहमति जरूरी जबकि अमर उजाला लिखता है हिंदू परिवार में कृषि भूमि बेचने को वारिसों की सहमति जरूरी हिमाचल दस्तक के मुताबिक प्रॉपर्टी बेचने से पहले अन्य वारिसों की सहमति जरूरी दैनिक भास्कर ने खबर दी है एनजीटी का सरकार को आदेश छह सप्ताह में हिमाचल के तीन शहरों को डेवलप करके मॉडल टाउन बनाएं पार्टी लाइन से हटकर प्रचार अच्छा संकेत नहीं शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है मंडी संसदीय क्षेत्र में आश्रय शर्मा के प्रचार पर मुख्यमंत्री ने चेताया दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है जयराम शांता धूमल नड्डा व सत्ती भाजपा चुनाव अभियान समिति में आपका फैसला ने स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार के हवाले से लिखा है संगठन चाहेगा तो कांगड़ा से लड्रंगा लोकसभा चुनाव दिव्य हिमाचल की एक खबर है उपायुक्त शिमला की बदली पर फैसला आज